उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राफेल मामले के उसके फैसले को कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने गलत संग से उद्धृत किया न्यायालय ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष इस बारे में सोमवार तक अपना स्पष्टीकरण दें प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस बारे में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी दवारा दायर अवमानना याचिका पर विचार करेगी लेखी ने याचिका में कहा है कि राहल गांधी ने राफेल फैसले के बारे में उच्चतम न्यायालय के जो उदधरण दिये वे उसके फैसले में शामिल नहीं थे

उच्चतम न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी फिल्म को पूरा देखकर शुक्रवार को समूचे देश मे इसे रिलीज़ किये जाने पर लगी रोक बारे फैसला ले

फिल्म की रिलीज़ पर निर्वाचन आयोग की पांबदी को च्नौती देनेवाले फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश हये वरिष्ठ अधिवक्ता म्क्ल रोहतगी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने केवल प्रोमो देखकर इस पर रोक लगा दी और पूरी फिल्म नहीं देखी उन्होंने कहा कि वे निर्वाचन आयोग और इसकी कमेटी के लिये विशेषतौर पर फिल्म दिखाना चाहते है ताकि वे शुक्रवार तक विचारपूर्ण निर्णय ले सके निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले बुध्वार को इस फिल्म में प्रदर्शन पर यह कहते प्रतिबंध लगा दिया था कि भिसी भी राजनीतिक व्यक्ति पर बनी फिल्म को इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर नहीं दिखाना जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एंव केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा है िक राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद अत्यंत महत्वपूर्ण मामले है जो लंबे समय समय तक भारत की चिंता बने रहेंगे एक फेसब्क पोस्ट मे श्री जेटली ने कहा कि विपक्षी पार्टियां ये बहस करती है कि च्नाव राष्ट्रीय स्रक्षा के मुद्दे पर नहीं वास्तविक मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए श्री जेटली ने कहा कि पिछले कुछ माह से सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कश्मीर घाटी में आतंक वाद स्वीकार्य नहीं होगा उन्होंने कहा कि कानून को प्रभावी ांग से लागू किया जा रहा है और अलगावादियों की कार्यवाईयों को रोका गया है

आज विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने नामांकन भरने वाले स्थानों की जानकारियां दी और सभी राजनैतिक दलों को स्पष्ट किया कि नामांकन के लिये आते समय प्रत्याशियों के काफिले में तीन वाहन ही आ सकेंगे और नामांकन के समय में प्रत्याशी के साथ निर्धारित दायरे में केवल चार व्यक्ति की प्रवेश कर सकेंगे निर्वाचन आयोग ने कहा कि नियमों का सख्ती से पालन किया जायेगा म्ख्य च्नाव अधिकारी श्री राजीव रंजन ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्दलीय व गैर पंजीकृत राजनीतिक दल के प्रत्याशी को दस प्रस्तावक साथ लाने होंगे ऐसे प्रत्याशी निर्धारित सौ मीटर दायरे से आगे व्यक्ति ही साथ लायेंगे

हिसार की स्थानीय अदालत ने एक मासूम बच्ची के साथ द्ष्कर्म करने के आरोपी मिर्चप्र गावं के निवासी बिजेन्द्र को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये ज़र्माना की कठोर सजा सुनाई है प्लिस विभाग के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हये बताया कि प्लिस ने पांच दिन में इस मामले में अदालत में चालान पेश किया और मामले का तीव्र निपटान सुनिश्चित किया

क्शल रेल प्रशासन को लेकर भिवानी जंक्शन को सर्वोतम स्टेशन के साथ प्रथम प्रस्कार से नवाज़ा गया है बीकानेर में शनिवार को आयोजित एक भव्य समारोह में बीकानेर मंडल के प्रबंधक अनिल क्मार दूबे ने भिवानी जंक्शन को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया शायद ये पहला मौका है जब परिचालान कार्य क्शलता के लिये भिवानी जंक्शन को प्रथम पुरस्कार मिला है

अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार ज़ोर पकड़ गया है भाजपा उम्मीदवार रतन लाल कटारिया ने आज यमुनानगर जगाधरी व स ौरा में च्नाव कार्यालय खोलें जगाधरी मे इस मौकेपर श्री रतन कटारिया के समर्थन में बोलते हये विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में राजनीति करती है

उन्होंने कहा कि मनरेगा में कैसे घोटाला हुआ इसके बारे पूरा देश जानता है उधर कांग्रेसप्रत्याशी क्मारी शैलजा ने आज मोहड़ा के पास लोगों से कहा कि वे जीतन के बाद जनता के हितों की लड़ाई लड़ेगी उन्होंने कहा िक जनता को सभी स्विधायें मुहैया कराने की कोशिश की जायेगी क्मारी शैजला ने किसान व्यापारियों और मजदूरों से उनकी समस्याओं को हल करने का वादा भी किया नीदरलैंदके भारत मे दूतावास से कृषि पद्वति और खाद्य ग्णवता के काउंसल श्री सीबे श्अर के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा कृषि विश्वविदयालय के कुलपति प्रो के पी सिंह से मुलाकात की और विश्वविद्यालय को फस्ल अवशेष प्रबंधन खासकर धान की पराली के प्रबंधन के लिये किये जा रहे प्रयासों से पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हये कहा कि नीदरलैंड की कपंनियां धान की पराली के प्रबंधन सम्बधी भारत की परियोजनाओं में निवेश करना चाहती है इस मौके पर नीदरलैंद के प्रतिनिधियों ने विश्वविदयालय के अध्यापकों व विदयार्थियों से बातचीत की और शिक्षा व अन्संधान बारे जानकारी ली आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाली साप्ताहिक द्विभाषी लाइव इन फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषया है ऑटिज्म के प्रति जागरूकता